ये बजट एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं

इसके तत्काल बाद बजट पर देश भर से लोगों की प्रतिकियाओं पर आधारित एक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा

इसमें निजी निवेश रोजगार निर्यात और मांग पर आधारित विशेष रणनीति तैयार करने की सिफारिश की गई है समीक्षा में बताया गया है कि पिछले पांच वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है

नीमच पुलिस ने चारों प्रहरियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्व अपराध दर्ज किया है उधर फरार शेष तीन कैदियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है

एक कैदी गिरफ्तार किया जा चुका है आयु सीमा राज्य शासन ने शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में संशोधन किया है

उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य की अपनी विशेषताएं होती हैं किसी एक फार्मूला या व्यवस्था के आधार पर राज्यों की तुलना नहीं की जा सकती इसलिये राज्य के संशाधनों के संबंध में इसी दृष्टिकोण से विचार करना होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश जनजातीय बाहुल्य प्रदेश है और खनीज संपन्न राज्य है यहां की वन संपदा अत्यन्त समृद्ध अवस्था में है इस वन संपदा को बढ़ाने और बचाने पर जो धन खर्च होता है उससे न सिर्फ राजस्व की हानी होती है बल्कि राजस्व हासिल करने के अवसर भी समाप्त हो जाते हैं आयोग को इस बात पर विचार करना चाहिये की इसकी भरपाई कैसे होगी

उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई की प्रत्येक खनिज के लिये अलग से नीति होना चाहिये जगन्नाथ रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा आज ओडिसा के पुरी में शुरु हुई लाखों भक्त आज जगन्नाथ मन्दिर में भगवान जगन्नाथ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शनों के लिए एकत्र हो रहे हैं बारहवीं शताब्दी से चली आ रही इस यात्रा में हर वर्ष तीनों देवताओं के विग्रह जगन्नाथ मंदिर से गुडिंचा मंदिर के लिये प्रस्थान करते हैं

राजधानी भोपाल में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कई प्रमुख मार्गो पर निकाली गई होशंगाबाद में भी भगवान जगन्नाथ बलदाऊ और सुभद्रा के संग आज नगर भ्रमण पर निकले रीवा डिण्डोरी और अन्य जिलों में भी भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली गई मौसम बारिश मध्यप्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी है झाबुआ और अलीराजपुर जिले में लगातार रूक रूक कर हो रही अच्छी बारिश के कारण दोनों जिलों में नदी नाले उफान पर हैं लगातार हो रही बारिश के चलते कई रपटों पर पानी आ गया है थांदला की ऋतुराज कॉलोनी में पानी भर जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं अनास माही पंपावती पद्मावती नौगंवा हथनी और सुकदी नदियां अपने पूरे वेग से बह रही हैं

भोपाल सीहोर रायसेन छतरपुर सागर सहित अन्य कई स्थानों पर भी अच्छी बारिश हो रही है मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून गुना निवाड़ी अशोकनगर आगर मालवा और राजगढ़ ज़िलों के शेष हिस्से में आगे बढ़ रहा है

इसमें परम्पराओं ऐतिहासिक धरोहर सांस्कृतिक रंगो कला और महापुरूषों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाएगी

अभी तक बालक का कोई पता नहीं चला है जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने छिंदवाड़ा मुख्यालय पर उद्यानिकी विभाग में कार्यरत सहायक उद्यानिकी अधिकारी परिस्ता धूर्वे और मोहखेड़ के पटवारी विजय राउत को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है